प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकार देगी प्रोत्साहन

मंदिर दुर्गापूजन निर्देश प्रदेश में नवरात्र के दौरान राज्य के सभी देवी मंदिर खुले रहेंगे और श्रद्दालु आसानी से मंदिरों में जा सकेंगे

जिनमें सदीखासीजुकाम के लक्षण वाले मरीजों और कोविड के मामलों की जांच की जा रही है

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

विद्यार्थी आज से इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर सकते है

अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम ने अपना पर्चा दाखिल किया उधर अशोकनगर से कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे ने भी अपना नामांकन दाखिल किया खंडवा जिले की मानधाता सीट से भाजपा उम्मीद्वार नारायण पटेल ने पुनासा में नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया यहां निर्दलीय जितेन्द्र सिंह ने भी पर्चा दाखिल किया

शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट से भाजपा कांग्रेस और बसपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किये वहीं करेरा में बसपा के राजेन्द्र जाटव ने पर्चा भरा यहां कांग्रेस उम्मीद्वार ने भी नामांकन भरा गुना जिले की बमौरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी केएल अग्रवाल आगरमालवा से भाजपा उम्मीदवार मनोज ऊंटवाल कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े और निर्दलीय सुरेश मालवीय ने भी नामांकन दाखिल किया सागर की सुरखी सीट से भारतीय जन चेतना पार्टी के तुलसी राम पटेल ने पर्चा भरा

बीजेपी स्टार प्रचारक भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सुची जारी कर दी है

जबकि उन्हीं के साथ कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा में शामिल हुए उनके किसी भी समर्थक का नाम इस लिस्ट में नहीं है शौर्य स्मारक संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि पालक अपने घर परिवार के बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिये प्रेरित करें साथ ही क्रांतिकारियों और शहीदों के चित्रों को घर में स्थान दें ताकि आने वाली पीढ़ी शहीदों के बलिदान को याद कर सके वे कल भोपाल में शौर्य स्मारक की चौथी वर्षगाँठ के शुभारंभ समारोह बोल रही थीं समारोह के पहले दिन सातवीं वाहिनी विसबल भोपाल के पुलिस बैण्ड एवं दल द्वारा देशभक्ति गीतों की सांगीतिक प्रस्तुति हुई समारोह में आज शाम भोपाल के प्रतिष्ठित रिलायंस म्यूजिक ग्रुप के कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किये जायेंगे

आज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से होगा

वे कोरोना संक्रमित थे